गरीब कल्याण अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज मध्यप्रदेश सहित छह राज्यों में एक व्यापक ग्रामीण सार्वजनिक रोजगार योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरूआत करेंगे इस अभियान का उद्देश्य अपने राज्यों को लौटने वाले प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण नागरिकों को आजीविका के अवसर प्रदान करना है बिहार में खगडिया जिले के तेलिहर गांव से वर्चअल रूप से इसकी शुरूआत की जायेगी यह अभियान जिलों में जन सेवा केन्द्रों और कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यध्म से चलाया जायेगा

प्रदेश के बालाघाट झाबुआ टीकमगढ़ छतरपुर रीवा सतना सागर पन्ना भिंड अलीराजपुर बैतूल खंडवा शहडोल धार डिंडौरी कटनी छिंदवाड़ा सिवनी मंडला खरगोन शिवपुरी बड़वानी सीधी और सिंगरौली जिलों में यह योजना शुरू की जा रही है

प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र उनकी वीरता और बलिदान को हमेशा याद रखेगा सेना को आवश्यक कदम उठाने की पूरी आजादी दी गयी है और भारत ने राजनयिक माध्यमों से भी चीन को अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से बता दी है

बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस और पूरा विपक्ष रक्षा बलों के साथ एकजुट होकर खडा है और युद्ध की तैयारी सुनिश्चित होने पर हर बलिदान के लिये तैयार है तुणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी सरकार के साथ एकजुटता के साथ मजबूती के साथ खडी है शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री की सराहना की और कहा कि पूरा देश एक है और प्रधानमंत्री के साथ है शिवराज तोमर बैठक केन्द्रीय ग्रामीण विकास एंव कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मंत्रालय में ग्वालियर चंबल क्षेत्र के विकास के संबंध में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की बैठक में जानकारी दी गई कि चंबल एक्सप्रेस वे की मंजूरी से चंबल अंचल के विकास को नये आयाम मिलेंगे योजना के अंतर्गत भारत सरकार को दी जाने वाली भूमि का चिन्हांकन भी कर लिया गया है

श्री तोमर ने बताया कि वे इस सप्ताह केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से चर्चा कर प्रक्रियाओं को गति देने के संबंध में चर्चा करेंगे

उज्जैन में कल चार नये मरीजों का पता चला

वहीं पन्ना में भी एक और सकमित का पता चला है स्नान प्रतिबंध हलहारिणी अमावस्या और सूर्यग्रहण के कारण आज और कल जबलपुर में नर्मदा नदी के सभी घाटों पर स्नान करने और लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है

मौसम भोपाल सहित कई जिलों में कल भी झमाझम बारिश हुई राजधानी में लगातार तीसरे दिन देर शाम हई वर्षा से जून में बारिश का कोटा पूरा हो गया उधर सिवनी में भी कल गरज चमक के साथ तेज बारिश हई जिससे उमस से लोगों को राहत मिली

निवाड़ी में भी कल शाम करीब एक घंटे तक जोरदार बारिश हुई मौसम विभाग ने आज भोपाल होशंगाबाद संभागों के साथ ही सीधी सिंगरौली रीवा सागर और नरसिंहपुर जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है

उन्होंने कहा कि कुक्कट उत्पादों का उपयोग पूरी तरह सुरक्षित है